विपक्ष द्वारा अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी सदन में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे इस दौरान सत्र की समाप्ति के बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के लिए एक नई खनन नीति बनाई जाएगी जिससे माफिया पर नकेल कसेगी और पर्यावरण भी बचाया जा सकेगा वे कल ऊना में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में समुचित ब्रनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा छात्रों को पढ़ाने के लिए मल्टी मीडिया टीचिंग माध्यमों का उपयोग किया जाएगा शिमला के संजौली में कल एक निजी स्कूल के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही भारद्वाज ने कहा कि शिक्षण प्रकिया को अधिक प्रभावशाली बनाने को लिए विद्यालयों में जॉय ऑफ लर्निंग सैशन शुरू किए जाएंगे ताकि शिक्षण ज्ञान बढ़ाया जा सके कार्यशाला विधानसभा सचिवालय द्वारा जल संरक्षण विषय पर विधायकों के लिए शिमला में आज एक कार्यशाला लगाई जाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका शुभारम्म जबकि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल अध्यक्षता करेंगे मैगेसेसे पुरस्कार से सम्मानित और वॉटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉ राजेंद्र सिंह व महाराष्ट्र जल बिरादरी के प्रधान नरेंद्र चुग्ग भी इसे संबोधित करेंगे

विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की मुफ्त जांच करेंगे और उन्हें दवाईयां भी दी जाएंगी कैम्प में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे संस्था प्रदेश राष्ट्रीय विकास संस्था ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से नाइजीरिया में फंसे कांगड़ा जिले के युवकों को छुड़ाने की गुहार लगाई है संस्था के अध्यक्ष ओपी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर इन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने की मांग की है उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस संबंध में समुचित कदम उठाने का अनुरोध किया है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है अवकाश के बाद विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरूआत विपक्ष ने मुख्यमंत्री को फिर लिया निशाने पर वाकआउट दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सम्मान के लिए विपक्ष का वाकआउट अमर उजाला के शब्द हैं विघानसभा में बोले सीएम जयराम ठीक नहीं वित्तीय स्थिति पुरानी पेंशन योजना को नहीं किया जाएगा बहाल

नाइजीरिया में बंधक बनाए गए कांगड़ा के युवकों से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है मोहलत खत्म नहीं आया फोन परिजनों की बढ़ी बेचैनी जबकि अमर उजाला के शब्द हैं नाइजीरिया में बंधक युवकों की वतन वापसी की जगी उम्मीद पंजाब केसरी का कहना है बंधकों की रिहाई की मोहलत खत्म शांता व नड्डा ने सुषमा स्वराज से उठाया मामला आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है बंधकों को छुड़वाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार नाइजीरिया में अपहृत युवाओं को छुड़ाने का किया जा रहा है प्रयास

छह करोड़ में बिकी मंडी शैली की पेंटिंग दैनिक जागरण की एक खबर है दिव्य हिमाचल बकौल मुख्यमंत्री लिखता है बंद नहीं मोडिफाई होगा रूसा सिस्टम

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय हमलावर तेंदुए में लिखा है कि लोगों पर जंगली जानवरों के हमलों पर रोक लगाने के लिए जंगलों का अस्तित्व बचाए रखने के उपाए करने होंगे दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय केवल सपनों की सियासत नहीं में लिखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि नीतिगत सोच को स्पष्ट कर पाएं तो प्रदेश भविष्य के पथ पर चलेगा आपका फैसला ने अपने संपादकीय में मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी विभागों के कामकाज़ पर डैशबोर्ड से ऑनलाइन नज़र रखे जाने वाली पहल की सराहना की है शीर्षक है सुशासन की ओर